प्रदे भर में आज सीएए के समर्थन में रैली और जनजगरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि इस कानून से पैदा हुए विवाद के कारण विश्व को पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ प्रताडना के बारे में पता चला है हालांकि उन्होंने इस बात पर दुख प्रकट किया कि युवाओं के एक वर्ग को नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में गुमराह किया जा रहा है जबकि इस कानून का उद्देश्य नागरिकता देना है किसी की नागरिकता छीनना नहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि वह देश के युवाओं विशेषकर पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के युवाओं को बताना चाहते हैं कि नागरिकता प्रदान करने के लिए यह कानून रातों रात नहीं बनाया गया है उन्होंने कहा कि हम समी को यह बात पता होनी चाहिए कि विश्व के किसी भी देश का किसी भी धर्म में आस्था रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत और उसके संविधान में आस्था रखता है वह उचित प्रक्रिया के माध्यम से भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है

पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की अलग पहचान और संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प व्यक्त किया और जोर देकर कहा कि नए कानून से उनके हितों को नुकसान नहीं पहंचेगा उन्होंने कहा कि इस संशोधित कानून से पूर्वोत्तर की संस्कृति परंपराओं और जनसांख्यिकी पर कोई असर नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि विमाजन के बाद पाकिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताडित लोगों के लिए नागरिकता कानून में केवल थोड़ा बदलाव किया गया है

हरिद्दार के ऋषिकुल मैदान से शुरू हुई इस रैली में लागों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस दौरान श्री कौशिक ने लोगों को बताया कि नागरिकता संशोधन कानून तीन इस्लामिक देशो पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्प संख्यक हिंदू बौद्ध पारसी सिख जैन और ईसाइयों के हितों की रक्षा करता है उन्होंने कहा कि इस कानून से देश में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी की नागरिकता लेने का नहीं बल्कि प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है

देहरादून में सीएए के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कैंट विधानसभा में रैली निकाली गयी इस दौरान मख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया रैली में भाामिल लोगों ने सीएए समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की इस दौरान पाकिस्तान से आए कुछ हिन्दू शरणार्थियों ने भी रैली में भाग लिया चम्पावत में भी बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को इस कानून के विषय में जानकारी दी और सीएए के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रुद्रपुर में भाजपा ने आभार जनसभा का आयोजन किया

बागेश्वर में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जागरूकता अभियान चलाया भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कर सीएए और एनआरसी के संबंध में लोगों को आवश्यक जानकारी दी और उनसे अफवाहों से बचने की अपील की उन्होंने बताया कि यह अधिनियम किसी भी वर्ग के खिलाफ नहीं है इस कानून के तहत किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी बागे वर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद करते हए सीएए को देशहित में बताया उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से धार्भिक आधार पर प्रताड़ना झेलकर आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देना है भाजपा कार्यकर्ताओं की यह कोशिश सफल होती नजर भी आ रही है जनसंवाद के बाद व्यापारियों ने भी माना कि इस अधिनियम को लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है

भारत के महान आध्यात्मिक गरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद ने वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से विश्व को अवगत कराया

रामकष्ण परमहंस रामकष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे देश में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध बनाने में स्वामी विवेकानंद के योगदान के लिए उनका स्मरण किया

इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज हावड़ा जिले में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ में एक समारोह में भाग लिया राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देशमर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है उत्तरी कोलकाता भें स्वामी विवेकानंद के पैतुक निवास पर भी एक विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस मुख्यमंत्री ंत्रिवेन्द्र सिह रावत ने स्वामी विवेकानन्द की जयन्ती के अवसर पर मनाये जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं इस अवसर पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द महान आध्यात्मिक विचारक एवं वक्ता थे स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय दर्शन तथा हमारी महान संस्क ति के महत्व को दूनिया से अवगत कराया

इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं सहित समी प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग कर देश एवं प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें अल्मोड़ा जिले के लोधिया स्थित विवेकानंद स्मारक विश्राम गृह में भी स्वामी विवेकादनंद की जयंती पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया